केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल हुई छठे दौर की बातचीत चार जनवरी को होगी अगली वार्ता केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता बढाने की संशोधित योजना को दी स्वीकृति

उन्होंने कोरोना के नये स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए अतिरिकत सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये प्रतिबद्व है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की मेडिकल टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाये नये स्ट्रेन के टेस्टिंग के संबंध में प्रदेश की प्रयोगशालाओं को आवश्यक उपकरणों से लैस करने के लिये जरूरी प्रबंध किये जाये साथ ही कांटेक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस कार्य को पूरी सतर्कता से संचालित किया जाये उन्होंने कहा कि आगामी दस जनवरी से मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है

साथ ही आयुष्मान भारत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए योजना के पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था भी की जाये

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दल के युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रियता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और राजस्व गांवों में युवक एवं महिला मंगल दल का गठन किया जाये इन दल के सदस्यों को गांव में नशे के दुष्परिणामों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिये प्रेरित किया जाये उन्होंने कहा कि टीबी को समाप्त करने के अमियान में भी मंगल दल के सदस्यों को जोड़ा जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाम दिलाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने धान खरीद कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रयासरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक राजस्व ग्रामों में दृष्य समितियों के गठन की कार्रवाई की जाये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन करके इन्हें डेयरी परियोजना से जोड़ा जाये मुख्यमंत्री ने पीसीडीएफ की डेयरियों को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आगामी माघ मेले की सभी तैयारियां गुणवत्तापूर्ण ढंग से की जाये केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में संपन्न हुई इसमें केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश उपस्थित थे बैठक के बाद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई और सकारात्मक रूप से सम्पन्न हुई उन्होंने बताया कि चार मुद्दों में से दो पर सहमति बन गई है श्री तोमर ने बताया कि दिल्ली में कडाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने किसान नेताओं से अनुरोध किया कि वे बुजुर्गो महिलाओं और बच्चों को वापस अपने घर भेज दें उन्होंने बताया कि अगले दौर की बातचीत चार जनवरी को होगी श्री तोमर ने यह भी बताया कि अगले दौर की बातचीत में तीन कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी पर बातचीत जारी रहेगी बैठक मैं किसान यूनियनके नेताओं में जो चार विषय वर्चा के लिए रखे थे उनमें दो विषयों पर आएसी रजामंदी सरकाखौर यूनियन के बीच में हो गई है पहला जो एन्वायमेंट सेसम्बंधित ऑर्डिनेस है दूसरा पराली और किसान सममिलित हैं उनकी रांका थी कि किसानको इसमें नहीं आना चाहिए और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है

किसानों की सिंचाई क लिए जो विद्युत की सक्सिडी दी जाती है जो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए ऐसी यूनियन की मांग थी उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी होगई है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने देश में पहली पीढ़ी वन जी एथेनाल बनाने की क्षमता बढाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है इसके तहत चावल गेहूं जौ मक्का ज्वार गन्ना और चुकंदर इत्यादि से एथेनॉल निकाला जाएगा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी

किसानों की आमदनी दुपुनी हो उसमें एथेनोलका बड़ी फेक्टर बने इसलिए मोदी सरकार ने कटिन्यूसली अनेक कदम उठाए हैं आज उस कड़ी में और महत्वपूर्णकदम उठाया गया है श्री प्रधान ने बताया कि सरकार परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण पर एक वर्ष की मोहलत सहित पांच वर्ष के लिए ब्याज अनुदान का वहन करेगी

बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने पारादीप बंदरगाह पर पोतों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निर्माण संचालन और हस्तांतरणके आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास सहित विमिन्न बंदरगाह सुविधाओं के विकास की मी स्वीकृति दे दी है इस परियोजना पर तीन हजार चार करोड़ रुपये की लागत आयेगी इससे कोयला और चूना पत्थर के आयात और इस्पात उत्पादों के निर्यात की आवश्यकताएं पूरी होंगी इस परियोजना से बंदरगाहों पर भीडभाड कम होगी समुद्री मार्ग से मालमाडे में कमी आएगी जिससे कोयले का आयात सस्ता होगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढावा मिलेगा इससे रोजगार के अवसर भी बढेंगे मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश में कृष्णा पट्टनम औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र और उत्तरप्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब तथा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए आधारमूत उपकरणों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस परियोजना से लगभग तीन लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा जहां माल दुलाई होगी उसकोरीडोर के साथ जहां एक्सप्रेस वेज है जहांबदरगाह है जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्टभी है

ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है

उन्होंने बताया कि इन तीन देशों में भारतीय दूतावास खोलने से इनके साथ भारत के राजनयिक संबंध बढेंगे और द्विपक्षीय व्यापारनिवेश तथा आर्थिक संबंधों को भी बढावा मिलेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में अलीगढ़ जनपद निवासी सीआरपीएफ के शहीद जवान नेत्रपाल सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्वाजंलि दी है